प्रदेश में पंचायत समिति और जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी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

आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है

वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से संविधान से जुडे विभिन्न विषयों पर राज्य भर में परिचर्चा और जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है

विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आज संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया जाएगा

नागरिकों के बीच संविधान के मूल्यों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के लिए यह दिन मनाया जाता है

उन्होंने टीकाकरण के लिए केन्द्र सरकार की गाइड लाइन के अनुसार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सबसे पहली प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए

चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा ने बताया कि संक्रमित मरीजों को सभी तरह की चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उददेश्य से सितंबर से ये कंट्रोल रूम चलाया जा रहा है

केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना जागरूकता के लिए जन आंदोलन जारी है इसी के तहत आकाशवाणी के माध्यम से अभिनेता आशीष शर्मा लोगों से घर से निकलते वक्त पूरी सावधानी बरतने की अपील की है आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रेखंला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिये हमारे श्रोता का संदेश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

राज्य में पंचायत समिति तथा जिला परिषद के दूसरे चरण के चुनावों के लिए कल मतदान होगा

कई नगर निकायों में भाजपा तथा कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों को प्रवेश की अनुमति दे दी है निदेशालय ने इसके लिए निजी स्कूलों के पोर्टल को अनलॉक कर दिया है

ऑफलाइन टीसी से प्रवेश नहीं दिए जाएंगे

प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई स्थानों पर बरसात के समाचार हैं राजधानी जयपुर में अल सुबह बारिश हुई और कई इलाकों में ओले गिरे सवाई माघोपुर और बूंदी में कल रात से ही रूक रूक कर बारिश हो रही है हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि इस बरसात से रबी की फसल को फायदा मिलेगा भरतपुर अलवर राजसमंद करौली दौसा बीकानेर और सीकर से भी बरसात की खबर मिली है